बीती रात हुए हिमपात से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में ऊपरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि यहां पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग वॉटर स्कूटर केयाकिंग और स्पीड बोट सहित अन्य खेल गतिविधियां आरम्भ करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मंजूरी ली जानी चाहिए उन्होंने कहा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पौंग बांध जलाशय में खेल क्रीड़ाओं के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक सेना के सहयोग से एक उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं उन्होंने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के पहले ट्रेंच के कार्यान्वयन में बरती जा रही ढील पर असंतोष जताया और मामले की जांच बिठाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस मामले में जांच रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए ताकि वास्तविकता सामने आ सके इस दौरान विधायक व पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य होशियार सिंह भी मौजूद रहे

इस सॉफ्टवेयर को यह पुरस्कार इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी में दिया जा रहा है

प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को सौंपी गई थी उन्होंने कहा कि यह सॉफ्टवेयर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएम आर के लिए तैयार किया गया है देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इसका उपयोग एक लाख से अधिक सैंपल एकत्र करने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है

टीकाकरण अभ्यास देश के चार राज्यों में आज से कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है पहले चरण में आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया इसका उद्देश्य चुनौतियों की पहचान और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधामुक्त बनाया जा सके

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत जिन लोगों में लक्षण पाए जा रहे हैं विभाग उनकी विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग भी कर रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला से रोहड् उप मण्डल के बागी गांव के अग्निकांड प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री रवाना की जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री से भरे वाहनों में कम्बल और रसोई के सामान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं यह राहत सामग्री राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदान की गई है अविनाश खन्ना प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आहवान किया है

खन्ना ने कहा कि पार्टी प्रदेश में सर्वव्यापी व सर्व स्पर्शी तरीके से काम करेगी उन्होंने कहा कि कारोनो काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जन सेवा की है जबकि कांग्रेस पार्टी इस समय गायब थी

उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और नरेन्द्र मोदी ऐप के साथ बढ़चढ़ कर जुड़ने आह्वान किया इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह के खर्च पर सवाल उठाए हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार से इस कार्यक्रम के पूरे खर्च का विवरण सार्वजनिक करने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौर ने कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से प्रदेश के लोगों को भावनात्मक जुड़ाव की झूठी बातें कही हैं उन्होंने इनवेस्टर मीट के तहत हस्ताक्षरित एमओयू पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसके अंतर्गत लगाए गए उद्योगों की प्रदेश के लोगों को जानकारी दे उन्होंने भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के कोरोना करप्शन और कांग्रेस मुक्त वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का कोरोना राज्य बनाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है राठौर ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों और मंत्रियों के भू खरीद घोटाले की जांच का खुलासा करने की भी सरकार से मांग की

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि देश को आज़ाद करवाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मौसम प्रदेश में बीती रात राजधानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है शिमला से सटे पर्यटन स्थल कुफरी नारकण्डा और मशोबरा में भी भारी हिमपात हुआ इस हिमपात से ऊपरी शिमला का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया और शिमला शहर की अधिकांश अंदरूनी सड़कें दोपहर तक अवरूद्व रहीं

रोहड्र खड़ापत्थर सहित अन्य क्षेत्रों में बस रूट बंद रहे वहीं चौपाल व नेरवा रूट भी बाधित रहा